सीआईआई बैठक मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत व्यवसाइयों को उद्योग संचालन की अनुमति के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है

यह जानकारी श्री रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई द्वारा आयोजित उत्तर भारत वर्चअल कॉन्फ्रेंस में दी

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सीआईआई की राज्य ईकाई निरन्तर सरकार के सम्पर्क में है और अपना योगदान दे रही है बैठक वन गुज्जर मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों में रह रहे वन गुज्जरों के परिवारों की संख्या परिवार में सदस्यों की संख्या और पशुओँ की संख्या का डाटा शीघ्र तैयार करने के आदेश दिये

उन्होंने वन विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा वन गुज्जरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है उन्होंने बताया कि वन गुज्जरों के उत्पादों को आंचल के माध्यम से प्रोसेस्ड किया जा सकता है इसके लिए सभी सम्बन्धित विभाग मिलकर कार्य करें इस दौरान श्री सिंह ने सील किए गए वन गुज्जर क्षेत्र में वन गुज्जरों को राशन और पशु चारे की समस्या को देखते हुए वहां इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने वन गुज्जरों और उनके पशुओं का भी समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने को भी कहा है

यह जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य में सभी निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन देने के निर्देश दिये है

कोरोना संक्रमण का संदेह होने के बाद महिला की जांच करायी गयी जो पॉजिटिव आयी है

एक माह से भी अधिक समय से इन खदानों में खनन का कार्य बन्द था एक बार फिर यहां स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलने से यह मजूदर अब काफी खुश है गौरतलब है कि बागेश्वर जनपद में कोई भी कोरोना पाजिटिव केस न मिलने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है जिले में खनन के कार्य हेत् उन्हीं क्षेत्रों में इजाजत दी गयी है जहां श्रमिक स्थानीय स्तर पर ही मौजूद हैं इस दौरान यहां सोशल डिस्टेन्सिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है इन खड़िया खनन क्षेत्रों में हर हफ्ते डाक्टरों की टीम द्वारा निरीक्षण कर मजदूर और उनके परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है कोरोना को हराया कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार की पहल के साथ साथ आम आदमी की जागरूकता और सकारात्मक सोंच कोरोना को हराने में कारगर साबित हो रही है